हिंसा भड़काने के लिए शरजील इमाम को ठहराया जिम्मेदार

दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई हिंसा के मामले में शरजील इमाम को जिम्मेदार ठहराया है पुलिस ने आज दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया आरोप पत्र में किसी भी छात्र को शामिल नहीं किया गया है चार्जशीट में हिंसा भड़काने के लिए शरजील इमाम को जिम्मेदार ठहराया गया है गौरतलब है कि पुलिस ने शरजील इमाम को पिछले दिनों जहानाबाद से गिरफ्तार किया था वह बिहार का रहने वाला है उसपर देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप है फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई हिंसा में पंचानवे लोग घायल हुए थे बिहार दौरे पर पहुंची केन्द्रीय टीम ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और जनजागरूकता को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे उपायों का जायजा लिया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि दो अलग अलग टीमों ने आज सीतामढ़ी और मधूबनी का दौरा किया उन्होंने कहा कि दोनों टीम तेईस फरवरी तक नेपाल सीमा पर स्थित सात जिलों में की जा रही व्यवस्था की जानकारी लेगी हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया कि एक टीम ने नेपाल सीमा पर स्थित सोनबरसा और सुरसंड पहुंचकर कई जानकारियां प्राप्त की बाद में टीम ने सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया

पिछले दिनों सुपौल की सीमा पर एक संदिग्ध मरीज की पहचान की गयी थी इधर सीतामढ़ी के सिविल सर्जन डॉ कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा के मद्देनजर दस बेड लगाये गये हैं उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं आया है केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पहली जनवरी दो हजार चार से पहले की गई थी वे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की बजाय प्रानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है इनमें से कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाये जाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष इकतीस मई तक संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस विकल्प को चुना जा सकता है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर अठारह मार्च को उप चुनाव कराया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी एक अन्य प्रस्ताव में दरभंगा जिले के केवटी में पांच सौ साठ आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण को मंजूरी दी गयी इसपर छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख खर्च होंगे

हमारे विभिन्न जिला संवाददाताओं ने बताया है कि परीक्षा को लेकर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है इधर अरवल जिले में आज प्रथम पाली में कदाचार करते पकड़े जाने पर चार परीक्षर्थियों को निष्कासित कर दिया गया छपरा में भी चार छात्रों को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया राज्य में खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए शीघ्र ही निबंधित किसानों को पीओएस मशीन से जोड़ा जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के एक करोड़ बीस लाख किसानों को पीओएस से टैग करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिये श्री कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया के अमल में आने के बाद केवल निबंधित किसानों को ही मशीन पर बायोमेट्रिक पहचान के तहत अंगूठा लगाने के बाद खाद मिल पायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में रविवार तेईस फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये मासिक कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने को कहा है लोग अपने सुझाव एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकार्ड करवा सकते हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई गोव पर भी संदेश भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर कॉल भी कर सकते हैं ये सुझाव शनिवार तक भेजे जा सकते हैं केन्द्र सरकार देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्णिया में आधुनिक सीमेन स्टेशन की स्थापना करेगी केन्द्रीय पशु मत्स्यपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने समस्तीपुर के पूसा में आयोजित तीन दिवसीय किसान मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की श्री सिंह ने कहा कि इस सीमेन स्टेशन के खुल जाने से गाय भैंसों को विशेष तकनीकों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधारण कराने में सुगमता होगी उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग तीन सौ गांवों का चयन कर गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं जहां पशुओं का गर्भधान कराया जा रहा है प्रदेश में अब ठेकेदारों को नेशनल सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र की जांच के बाद ही काम का ठेका मिलेगा पूर्णिया और सहरसा में ठेकेदारों द्वारा जाली एनएससी और केवीपी दिये जाने के खुलासे के बाद यह फैसला किया गया है योजना और विकास विभाग के अपर सचिव राजेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि डाक विभाग द्वारा जांच के बाद ही एनएससी और केवीपी सुरक्षित राशि के रूप में मंजूर की जायेगी मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी वित्तीय कंपनी के कर्मचारियों से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े पन्द्रह लाख रुपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में विभिन्न सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में ब्यौरा देने को कहा है राज्य सरकार ने बड़े प्रशासनिक निर्णय के तहत तैंतीस प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर तैंतीस प्रखंडों में नये प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पदस्थापित किया है औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना अंतर्गत बिज़ुलिया गांव में एक ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि तेरह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मृतकों के निकटतम आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने रफीगंज शिवगंज रोड को घंटों जाम रखा दरभंगा की एक अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाये गये मध्रबनी निवासी अमन कुमार को दस वर्ष कारावास की सजा सुनायी है

राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालय के सफल छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की

हिंसा भड़काने के लिए शरजील इमाम को ठहराया जिम्मेदार